स्व घोषित शपथ पत्र से ही बन जायेगा कार्ड

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य जून में शुरू होगा सात जिलों से गुजरने वाले इस सड़क की लंबाई एक सौ नवासी किलोमीटर है एक्सप्रेस वे गया जहानाबाद नालंदा पटना वैशाली समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगी चार लेन वाले इस सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है केन्द्र सरकार ने भूमि के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि जिलों को उपलब्ध करा दी है सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा जिसे वर्ष दो हजार चौबीस तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है राज्य में राशन कार्ड बनवाने के लिए अब नोटरी के शपथ पत्र की जरूरत नहीं होगी अब केवल स्व घोषित प्रमाण पत्र देना होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो हजार तेरह के अन्तर्गत नये राशन कार्ड लेने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश दो हजार सोलह में इसका प्रावधान किया गया है जीविका के माध्यम से किये जाने वाले आवेदनों में भी स्व घोषित शपथ पत्र मान्य होगा आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक महिलाओं के टीकाकरण के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है बुजुर्ग महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इसके अन्तर्गत टीका दिया जायेगा उन्हें टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था भी की जायेगी स्वास्थ्य विभाग इस काम में जीविका दीदी आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं की मदद लेगा टीकाकरण केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों की भी तैनाती होगी प्रदेश में अब तक आठ लाख तैंतीस हजार छह सौ बयासी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं इनमें से छह लाख छियालीस हजार छह सौ दो लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि एक लाख सतासी हजार अस्सी लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल चौवालीस हजार छह सौ छह लोगों को टीके लगाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर लोग टीके लेने के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन की सुविधा उपलब्ध है देश में अबतक कोरोना से बचाव के लिए दो करोड़ छह लाख बासठ हजार तिहत्तर लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं इनमें उनहत्तर लाख बहत्तर हजार आठ सौ उनसठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई है पैंतीस लाख बाईस हजार छह सौ इकहत्तर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है वहीं पैंसठ लाख दो हजार आठ सौ उनहत्तर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक जबकि एक लाख संतानवे हजार से ज्यादा को दूसरी डोज दी जा चुकी है इनमें साठ वर्ष से अधिक उम्र के चार लाख साठ हजार सात सौ बयासी और अन्य रोगों से भी ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के तीस लाख से ज्यादा लाभार्थी शामिल हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के पचासवें दिन कल शाम सात बजे तक ग्यारह लाख चौहत्तर हजार से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों में लगातार कमी हो रही है कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गयी है कल अट्ठाईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार आठ सौ उनचास हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में मात्र आठ जिलों से बाईस नये मामलों की पुष्टि हुई है जिनमें सबसे अधिक चौदह नये मामले पटना से सामने आये हैं वर्तमान में तीन सौ तैंतीस मरीजों का उपचार चल रहा है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

विभाग ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि सम्पत्ति की जानकारी विभाग के वेबसाईट पर भी अपलोड करे राज्य के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करने में प्रदेश पहले स्थान पर आया है नेशनल कॉउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च की ओर से जारी आंकड़ें में कहा गया है कि प्रदेश में भूमि अभिलेखों के डिजिटाईजेशन में काफी प्रगति हुई है जिसके आधार पर राज्य को यह रैंकिंग मिली है राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने से मिलने वाले समान विचारधारा वाले जिला परिषद प्रत्याशियों का समर्थन करेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजधानी पटना में कल से शुरू पार्टी के दो दिवसीय कार्य समिति में इस बात की घोषणा की है अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में दलीय आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होते हैं इसलिए जिला परिषद से इसकी शुरूआत की जा रही है दरभंगा हवाई अड़डे से अट़ठाईस मार्च से कोलकाता और पूणे के बीच हवाई सेवा शुरू होगी निजी विमानन कम्पनी स्पाइस जेट ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार दरभंगा से पूणे के लिए पहला विमान सवा ग्यारह बजे उड़ान भरेगा वहीं दस मार्च से अहमदाबाद के लिए भी दरभंगा से हवाई सेवा शुरू हो रही है इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी गयी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने वर्चअली आयोजित किया जाएगा

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों शिक्षकों और माता पिताओं से आने वाली परीक्षाओं को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है इस महीने की चौदह तारीख तक पंजीकरण कराया जा सकता है कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित सवाल माईजीओवी पर आमंत्रित किए जाएंगे और चुने हुए प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा कार्यक्रम के लिये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षको और अभिभावकों का चयन किया जाना है कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्व कोरोनाकाल में समानता की ओर प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को मनाये जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य स्त्री प्रुष समानता स्थापित करना महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना और जीवन के हर क्षेत्र में उनका महत्व स्थापित करना है यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ है आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है पिछले वर्ष नारीशक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बिना देश खुले में शौच से मुक्त दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता

आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दस मार्च को न्यायालय का निर्णय होने की सम्भावना है उन्होंने कहा कि मल्टीपोस्ट ईवीएम मॉडल तीन की आपूर्ति को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक रिट याचिका दायर की है उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची की अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद नये नामों को शामिल करने का निर्देश जिलों को दिया गया है प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है लेकिन पूर्वा हवा चलने से नमी बढ़ेगी जिससे प्री मॉनसून में आंधी तूफान की घटनाएं होने की संभावनाए हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि लगातार बढ़ते तापामन से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस मौसम में आंधी तूफान ज्यादा आयेंगे उन्होंने कहा कि राज्य के दक्षिणी भाग में अगले चौबीस घंटों के दौरान नमी का प्रवाह होगा लेकिन गर्मी बढ़ेगी निदेशक ने कहा कि मौसम में परिवर्तन के कारण आकाशीय बिजली गिरने की सम्भावना ज्यादा रहेगी राज्य में पहली बार होने वाली महिला फुटबॉल लीग के लिए पांच टीमों के नामों की घोषणा कर दी गयी है मुजफ्फरपुर जिले में चौदह से पच्चीस मार्च तक प्रतियोगिता आयोजित होगी वहीं राज्य सीनियर एथेलेटिक्स प्रतियोगिता में पटना की टीम ने ओवर ऑल चैंपियन का खिताब जीता है प्रतियोगिता में पटना की टीम ने अठासी पदक जीते हैं पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक शराब तस्कर को एक पिस्तौल और छह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जिले के बनमनखी थाना क्षेत्र के दर्जीपट्टी इलाके से पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में एक महिला और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छपरा जंक्शन के पास से पूलिस ने अपराध की योजना बना रहे तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले में पुलिस ने नौ पिस्तोल और भारी मात्रा में कारतूस के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है राम मंदिर के लिए पच्चीस सौ करोड़ रूपये दान दैनिक जागरण ने स्कूलों के पच्चीस लाख रसोईयों की अब सुध लेगी सरकार को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर लिखता है बालबुद्धि सांसद बोलना भी असंसदीय अब रिश्तों के सहारे तंज पर लगेगी लगाम प्रभात खबर ने भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक आज की सुर्खी है अस्सी हजार स्कूलों में होगी कैचअप कोर्स की पढ़ाई राष्ट्रीय सहारा ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के हवाले से लिखा है सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलेगी बैंक की शाखा

स्व घोषित शपथ पत्र से ही बन जायेगा कार्ड